इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त की घोषणा करते हुए कहा कि इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नीतिगत और ढांचागत सुधारों पर विशेष ज़ोर दिया जायेगा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को केन्द्र सरकार के आर्थिक पैकेज से लोगों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं उन्होंने कृषि विभाग को फलों और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य योजना तैयार करने को भी कहा है

इस अवसर पर उद्योग मंत्री बिकम सिंह ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक सुधार पैकेज से राज्य के तीव्र औद्योगिककरण में मदद मिलेगी प्रदेश में कल कोरोना पॉजिटिव के दो मामले सामने आये है ज़िला हमीरपुर के बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत तेच्छ गांव के रहने वाले युवक में कोरोना संकमण के लक्षण पाये गये है जबकि दूसरा कांगड़ा जिला की नुरपुर तहसील के मनेड़ गांव का रहने वाला है

इसके साथ ही यहां पर कर्फयू में दी गई ढील को भी समाप्त कर दिया गया है

कल इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है

इसके अलावा मजदूरी के कार्य में लगे व्यक्ति को व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण भी दिया जायेगा ताकि उन्हें आजीविका के अवसर प्रदान किये जा सके

बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए राज्य सरकार ने भी अपनी सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ली हैं सरकार ने इस सबंध में गाईडलाईन भी जारी की है इसमें हिमाचल आने वाले लोगों को कहीं न रूकने किसी वस्तु को हाथ न लगाने सोशल डिस्टैंसिंग बनाते हुए मैडिकल स्क्रींनिंग करवाना अनिवार्य किया है साथ ही उन्हें क्वारंटीन नियमों का पालन करने को कहा गया है अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में रैड जोन से लौटे हमीरपुर कांगड़ा के दो युवक कोरोना पॉजिटिव

पंजाब केसरी के शब्द हैं हमीरपुर व कांगड़ा जिला के दो और युवक पॉजिटिव

फलों और सब्जी उत्पादकों के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स योजना होगी लागू दैनिक भास्कर की एक अन्य खबर है

गरीबों प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए आगे आए शीर्षक से आपका फैसला लिखता है मुख्यमंत्री ने सोलन और सिरमौर जिलों के प्रधानों से वीडियो कान्फ्रैस के जरिये की बातचीत